इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उ ायों का ालन करें

वहीं हैदराबाद से डेढ़ लाख डोज़ आ रहे हैं इससे टीकाकरण को गति मिलेगी प्रदेश कोरोना प्रदेश की बात करें तो चार बड़े शहरों इंदौर भो ाल जबल र और ग्वालियर में लगातार दूसरे दिन भी स्वस्थ होने वालों की संख्या नए संक्रमितों से ज्यादा है

हालाँकि प्रदेश में संक्रमण की दर अब भी चिंता का विषय बनी हुई है

शिव री जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम और बचाव के लिए जिला ंचायत कार्यालय में कंट्रोल रूम की स्था ना की गई है

दमोह मतगणना दमोह विधानसभा क्षेत्र के उ ्च्नाव के लिए कल मतों की गिनती होगी

बताया जाता है कि मतगणना दो कमरों में सात सात टेबल प्र की जाएगी

कोरोना महामारी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतगणना में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोरोना की जांच और नेगेटिव रि ोर्ट को अनिवार्य कर दिया है

इसे मई दिवस भी कहते हैं यह दिन आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये मनाया जाता है

मौसम प्रदेश के कई इलाकों में आज सुबह से ही बादल छाये हुए हैं कई जिलों में धूल भरी तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी की भी खबर है मौसम विभाग के अनुसार अभी आने वाले तीन से चार दिनों तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही बना रहेगा कल से बारिश में और तेजी आ सकती है वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ममता यादव ने बताया कि आज भो ाल जबल ुर इंदौर ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में तेज हवाएं चलने के साथ बूंदाबांदी होने की सभावना है